विधानसभा चुनाव के मतों की गिनती कल सुबह आठ बजे से शुरू होगी

चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव में मतदान के संशोधित आंकड़े जारी किये

अब तक दो लाख पंद्रह हजार पांच सौ सतासी लोग हुए स्वस्थ बुलेटिन की शुरूआत से पहले ये संकल्प कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

वोटों की गिनती के लिए व्यापक सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट के लिए कराए गए उपचुनाव की गिनती भी कल ही की जाएगी विधानसभा के लिए चुनाव तीन चरणों में अट्ठाईस अक्तूबर तीन नवम्बर और सात नवम्बर को कराए गए थे राज्य के अड़तीस जिलों में पचपन मतगणना केन्द्र बनाए गए हैं चार सौ चौदह मतगणना हॉल भी तैयार किए गए हैं प्रत्येक हॉल में सुरक्षित दूरी बनाए रखने के लिए सात से अधिक टेबल लगाने की अनुमति नहीं होगी निर्वाचन आयोग ने कोविड उन्नीस को देखते हुए इस बारे में दिशा निर्देश जारी किए हैं वोटों की गिनती से पहले गिनती के दौरान और उसके बाद मतगणना कोन्द्रों को संक्रमण मुक्त किया जाएगा पूरी प्रक्रिया के दौरान सुरक्षित दूरी और अन्य सुरक्षा मानकों को अपनाया जाएगा सभी मतगणना कर्मियों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एचआर श्रीनिवास ने बताया कि मतगणना को लेकर सभी केन्द्रों पर विशेष तैयारियां की गयी हैं

एक्जिट पोल में महागठबंधन को दिखाये गये बढ़त के बाद राजद कार्यालय में चहल पहल है बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता यहां इकट्ठा हो रहे हैं इधर भारतीय जनता पार्टी और जदयू कार्यालय में भी नेताओं और कार्यकर्ताओं की चहलकदमी बढ़ गयी है सभी नेता विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों से लगातार फीडबैक ले रहे हैं तीन चरणों में सम्पन्न हये बिहार विधानसभा चूनाव में तीन सौ सत्तर महिला उम्मीदवारों समेत तीन हजार सात सौ तैंतीस प्रत्याशियों के राजनीतिक भाग्य का फैसला होना है विधानसभा की सभी दो सौ तैंतालीस सीटों पर मुख्य मुकाबला एनडीए और महागठबंधन के उम्मीदवारों के बीच माना जा रहा है हालांकि कई सीटों पर लोक जनशक्ति पार्टी और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के प्रत्याशियों के साथ साथ अन्य दल और निर्दलीय उम्मीदवारों के उतरने से मुकाबला रोचक है एनडीए और महागठबंधन ने सभी दो सो तैंतालीस सीटों पर अपने उम्मीदवार दिये एनडीए की ओर से जदयू के सबसे अधिक एक सौ पन्द्रह उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं जबकि भाजपा के एक सौ दस प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं विकासशील इंसान पार्टी के ग्यारह और हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा के सात उम्मीवारों के भाग्य का फैसला भी कल हो जायेगा द्रसरी तरफ महागठबंधन से राजद ने सबसे अधिक एक सौ चौवालीस उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं कांग्रेस के सत्तर सीपीआई माले के उन्नीस सीपीआई के छह और सीपीएम के चार उम्मीदवारों के राजनीतिक भविष्य का फैसला भी कल होगा वहीं एनडीए से अलग हुई चिराग पासवान के नेतृत्व वाली लोक जनशक्ति पार्टी के प्रत्याशी एक सौ सैंतीस सीटों पर खड़े हैं दो अन्य महत्वपूर्ण गठबंधनों ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेक्यूलर फ्रंट जीडीएसएफ और प्रोगेसिव डेवलपमेंट एलायंस पीडीए ने भी लगभग सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं जीडीएसएफ का नेतृत्व राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के प्रमुख उपेन्द्र कुशवाहा कर रहे हैं उनकी पार्टी ने एक सौ चार सीटों पर जबकि सहयोगी दल बहुजन समाज पार्टी ने अस्सी सीटों पर चुनाव लड़ा है सांसद असदउद्दीन ओवैसी की पार्टी चौबीस सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं वहीं तीन अन्य दलों समाजवादी जनता दल डेमोक्रेटिक सुहैलदेव भारतीय समाज पार्टी और जनतांत्रिक पार्टी सोशलिस्ट भी इस गठबंधन का हिस्सा है पीडीए का नेतृत्व जन अधिकार पार्टी के प्रमुख पप्पू यादव कर रहे हैं इसमें दो अन्य दल भी शामिल हैं चूनाव में चौबीस मंत्रियों की किस्मत दांव पर है वहीं विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी के साथ साथ जदयू भाजपा राजद और कांग्रेस समेत अन्य राजनीतिक दलों के कद्दावर नेताओं की किस्मत भी कल तय हो जायेगी इसी तरह हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी तथा विकासशील इंसान पार्टी प्रमुख मुकेश सहनी के राजनीतिक भाग्य का फैसला भी होना है जन अधिकार पार्टी प्रमुख पप्प् यादव की भी राजनीतिक प्रतिष्ठा दांव पर है नये चेहरों में भाजपा से श्रेयसी सिंह प्लूरल्स पार्टी की प्रमुख पुष्पम प्रिया चौधरी राजद की रितु जायसवाल और कांग्रेस से सुभाषिनी यादव प्रमुख हैं बिहार के चुनाव इतिहास में पहली बार एक ट्रांसजेंडर उम्मीदवार भी चुनाव मैदान में हैं लोक जनशक्ति पार्टी ने गोपालगंज जिले के हथुआ विधानसभा क्षेत्र से ट्रांसजेंडर दर्शन प्रसाद को उम्मीदवार बनाया है उनका सीधा मुकाबला जदयू प्रत्याशी और मंत्री राम सेवक सिंह से हैं दर्शन प्रसाद वर्तमान में जिला पार्षद हैं विधानसभा चूनाव में मतदान से संबंधित संपूर्ण आंकड़े आज चूनाव आयोग ने जारी कर दिया राज्य में तीन चरण में सम्पन्न हुए चुनाव में संतावन दशमलव शून्य पांच प्रतिशत मतदान हुआ है वहीं पुरूषों की तुलना में महिलाओं ने पांच दशमलव शून्य एक प्रतिशत ज्यादा मतदान किया आयोग के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि दो सौ तैंतीलीस सीटों पर प्रूर्षों ने चौवन दशमलव छह आठ प्रतिशत मतदान किया वहीं महिलाओं ने उनसठ दशमलव छह नौ प्रतिशत अपने मताधिकार का प्रयोग किया गौरतलब है कि दो हजार पंद्रह के विधानसभा चूनाव में छप्पन दशमलव छह छह प्रतिशत मतदान हुआ था प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा कल सुबह दस बजे से मतगणना के रूझान नतीजे और उनके विश्लेषण पर आकाशवाणी पटना से विशेष चुनाव कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया जायेगा नियमित समाचार बुलेटिन के अलावा पांच पांच मिनट अवधि के चार अतिरिक्त विशेष चुनाव बुलेटिन अपराहन साढ़े बारह बजे दोपहर डेढ़ बजे और शाम साढ़े पांच बजे प्राइमरी चैनल के साथ साथ एफएम चैनल पर भी प्रसारित किये जायेंगे इसके साथ ही रात्रि साढ़े नौ बजे से दस बजे तक विशेष परिचर्चा का प्रसारण किया जायेगा

स्वास्थ्य विभाग के अनुसार सक्रिय मामलों में लगातार कमी आ रही है अब तक दो लाख पंद्रह हजार पांच सौ सतासी मरीज ठीक हो चुके हैं इस समय छह हजार सात सौ अड़तीस मरीजों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है पिछले चौबीस घंटों में आठ सौ पैंसठ नये मरीजों की पहचान हुई है स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार पटना में सर्वाधिक चार सौ बत्तीस नये मामलों की पुष्टि हुई है वहीं मुजफ्फरपुर में एक सौ दस बेगूसराय में अड़सठ नवादा में अठारह सीवान और सुपौल में तेरह तेरह मामले सामने आये हैं आकाशवाणी से बातचीत में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डॉ एके वार्षणेय ने उच्चतर कक्षाओं के विद्यार्थियों को कोरोना वायरस संक्रमण से बचने के लिए सर्तक और जागरूक रहने के साथ सावधानी बरतने की सलाह दी है

कुछ सावधानियां रखना बहत जरूरी है जो ऐसे बच्चों के स्कूल है वो सबको एक साथ न बुलाया जाये इस क्लासे जो है वो मॉर्निंग में की जाये कुछ लोगों को शाम को किया जाये प्लस स्कूल में भी जो जैसे जो डिस्टेंस अगर बच्चों के बीच में जैसे एक क्लास में कुछ कम बच्चे रखे जाये तो दूसरी क्लास में किया जाये तो सोशन डिस्टेंसिंग का वहां पालन करके हर बच्चे को जो वहां टीचर है उनकी यह जिम्मेदारी हो हर बच्चे को देखे कि वो मास्क लगाके बैठा हुआ है स्कूल जो है वहां पर कोई अपना टर्नल टाइप की जैसे यूबी टर्नल बना सकते हैं तो वो समान जो है यूबी टर्नल से भेजा जा सकता है

स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने कोविड उन्नीस से उत्पन्न स्थिति तथा इस बारे में बरती जाने वाली सावधानियों के संबंध में नौ राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक की डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा साउंड बाईट मास्क का ठीक प्रकार से इस्तेमाल करना है सबको दो गज की दूरी हर समय बना के रखनी है हाथ को साबुन से पानी से सैनिटाइज करके रखना है धोते रहना है अपने रेस्परेटरी ऐटिकेट्स का ख्याल करना है ये फेस्टिवल्स का समय है कड़क सर्दी पड़ती है वो वाले महीने भी आने वाले है और रेस्परेटरी वायरस है रेस्परेटरी वायरस के ज्यादा विन्टर्स में पहनने की संभावना होती है जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा से सटे माछिल सेक्टर में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में मधेपुरा निवासी सेना के कैप्टन आशुतोष कुमार समेत चार जवान शहीद हो गये कैप्टन आश्रतोष मधेपुरा के धैलाढ़ प्रखंड अंतर्गत जागीर गांव के रहने वाले थे मूख्यमंत्री नीतीश क्मार ने वीर जवानों की शहादत को नमन करते हुए कहा है कि उनकी कुर्बानी हमेशा याद की जायेगी कोरोना काल को लेकर इस साल हज यात्रा की नियमावली में बदलाव किया गया है बिहार हज कमेटी ने कहा है कि इस साल अठारह से कम और पैंसठ वर्ष से अधिक उम्र वाले हज पर नहीं जा सकेंगे फार्म भरने की अंतिम तिथि दस दिसंबर तक निर्धारित की गयी है दिशा निर्देश में कहा गया है कि राज्य के हज यात्री केवल कोलकाता से ही हज यात्रा पर जा सकेंगे कमिटी के अध्यक्ष हाजी इलियास हुसैन ने बताया कि इस बार हज यात्रा के लिये पहली किस्त के तौर पर एक लाख पचास हजार रूपये जमा करने होंगे हज यात्रा के लिये पहली बार ऑफलाइन व्यवस्था खत्म कर केवल ऑनलाइन ही फार्म मान्य होगा पटना सहित पूरे प्रदेश में तापमान में गिरावट आने से ठंड में तेजी से वृद्धि हो रही है मौसम विभाग ने कहा है कि अभी पश्चिम के पर्वतीय इलाकों से आ रही ठंडी हवाओं के कारण धीरे धीरे ठंड में और वृद्धि होगी दिसम्बर के पहले सप्ताह में कोहरा भी बढ़ने की संभावना है बिहार और झारखंड एनसीसी निदेशालय के तत्वावधान में एनसीसी भागलपुर ने एक भारत श्रेष्ठ भारत विषय पर वेबिनार का आयोजन करेगा इसके लिये बयालीसवीं बिहार एनसीसी बटालियन ग्रुप की रोहतास महिला कॉलेज की दो कैड्टस निशी और रजनी का चयन किया गया इधर कैंसर से बचाव के लिये एनसीसी द्वारा सासाराम में जागरूकता रैली निकाली गयी और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर विधानसभा चुनाव के मतों की गिनती कल सुबह आठ बजे से शुरू होगी

चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव में मतदान के संशोधित आंकड़े जारी किये

अब तक दो लाख पंद्रह हजार पांच सौ सतासी लोग हुए स्वस्थ